देश में बाघों की संख्या बढ़कर लगभग तीन हजार हुई

फागू चौहान ने आज राज्य के नये राज्यपाल के पद की शपथ ली राजभवन में आयोजित समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही ने उन्हें पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाये जाने के बाद ये पद खाली हो गया था भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री चौहान राज्यपाल बनने से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में घोषी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुने गये थे पूर्व मध्य रेल के हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास बागमती नदी पर रेल पूल पर बाढ़ के पानी के भारी दबाव के कारण आज दूसरे दिन भी समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बिरेंद्र कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि हायाघाट और थलवाडा रेलखंड अंतर्गत रेल पुल संख्या सोलह पर पानी के भारी दबाव को देखते हुए इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन आज भी बंद है श्री कुमार ने बताया कि समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड से होकर चलने वाली ग्यारह सवारी गाडियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है जबकि ग्यारह अन्य ट्रेनों को उनके मार्ग में आंशिक परिवर्तन कर चलाया जा रहा है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मनिहारी जयनगर एक्सप्रेस कोलकाता सीतामढी एक्सप्रेस जयनगर सियालदह एक्सप्रेस समेत आठ प्रमुख ट्रेनों का परिचालन दरभंगा रक्सौल नरकटियागंज और दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपूर रेलमार्ग के रास्ते किया जा रहा है इस बीच रेल मंडल के अभियंता और अधिकारियों का दल हायाघाट में कैम्प कर रेल पुल की निगरानी कर रहा है समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद होने से यात्रियों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व में बाघों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित स्थलों में एक है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 नई दिल्ली में आज अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट दो हजार अठारह जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और इस दिशा में हरसंभव उपायों का संकल्प लिया साउंड बाईट जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हये इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया वह अपने आप में बहत ही प्रशंसनीय है आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब तीन हजार टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है दुनिया भर में टाइगर की करीब तीन चौथाई आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में देश में वनों और संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़ी है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है साउंड बाईट भारत आज दुनिया से उन शीर्ष देशों में है जो अपनी इकोनोमी को क्लीन फ्यूल बेस्ड और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड बनाने में जुटा है वेस्ट और बायोमास को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का एक व्यापक हिस्सा हम बना रहे हैं इसके अलावा अब जो इलैक्ट्रिक मोबेलीटी पर काम हो रहा है बायोफ्यूल पर काम हो रहा है स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है उससे भी पर्यावरण के हित जुड़े हुए हैं समारोह को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरी द्रनिया की नजर बाघ संरक्षण में भारत की उपलब्धियों पर है उन्होंने कहा कि देश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और भारत सतत विकास के पथ पर अग्रसर है

प्रदेश के एकलौते बाघ अभयारण्य वाल्मिकीनगर व्याघ्र रिजर्व के लिए भी इस वर्ष की बाघों की स्थिति रिपोर्ट में अच्छी खबर सामने आयी है रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में बाघों की संख्या इकतीस रहने का अनुमान है

बाघ अभयारण्य के आस पास रहने वाले निवासियों ने भी सरकार के प्रयासों में काफी सहयोग किया है

आज जारी रिपोर्ट के अनुसार वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या मौजूदा समय में इकतीस के आस पास है वन प्रमंडल अधिकारी गौरव ओझा के अनुसार विमाग की ओर से बाघों के सरक्षण के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं शिकारियों पर प्रभावी तरीके से अंकश लगाया गया है जिसका सकारात्मक परिणाम अभी देखने को मिल रहा है आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की पटना स्थित विशेष अदालत ने अरबों रुपये के सुजन घोटाला मामले में एक राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जेल में बंद इंडियन बैंक की भागलपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक और घोटाले के आरोपी प्रवीण कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गौरतलब है कि वर्ष दो हजार बारह से दो हजार चौदह के बीच करोड़ों रुपये की राशि के चेक इंडियन बैंक के माध्यम से सुजन संस्थान के खाते में स्थानांतरित किये गये थे समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने आज लोकसभा में शिवहर सांसद रमा देवी से अपनी विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांग ली आजम खान ने कहा कि अध्यक्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था फिर भी अगर उनके आचरण से ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए माफी मांगते हैं इधर उप मूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर निशाना साधा है श्री मोदी ने कहा कि सदन के कड़े रूख और निलंबन की कार्रवाई के दबाव में आजम खान ने भले ही माफी मांग ली हो लेकिन इस मामले पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी शर्मनाक है कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र में एक ट्रक चालक से अवैध वसूली करते हुए स्थानीय जमादार सहित तीन पुलिसकर्मियों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है प्रलिस महानिदेशक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए प्रलिस अधीक्षक विकास कुमार ने सड़क पर पुलिस गश्ती जीप लगाकर वाहनों से अवैध वसूली करते हुए एएसआई संजीव पासवान प्रलिस कर्मी रविन्द्र कुमार सुमित राय और एक दलाल को गिरफ्तार किया जांच के दौरान गिरफ्तार जमादार के घर से तीस हजार रूपये नकद बरामद किये गये हैं मामले की छानबीन चल रही है सावन की दूसरी सोमवारी पर आज प्रदेश भर के शिवालायों और विभिन्न मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ रही है सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिये लोग विभिन्न शिवालयों में कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज स्थित सोमेश्वर स्थान अररिया के मदनपुर स्थित मदनेश्वर धाम रोहतास जिले के गुप्ताधाम सहित राज्य भर के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है हमारे समस्तीपूर संवाददाता ने बताया है कि जिले के प्रसिद्ध विद्यापति धाम मोरबा के खुन्देश्वर मंदिर थानेश्वर मंदिर और जटमलपुर के शिव मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में जलाभिषेक कर रहे हैं बेगूसराय जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदा बभनगामा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ चार धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के नगर थाना और बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गये मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का कथित तौर पर धमकी वाला ओडियो वायरल होने के बाद उनका वॉयस टेस्ट कराया जायेगा बाढ़ की अपर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि एक अगस्त को विधायक अनंत सिंह को एफएसएल कार्यालय में अपनी आवाज का नमूना देना होगा और अब अंत में मुख्य समाचार फागु चौहान ने प्रदेश के नये राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया

देश में बाघों की संख्या बढ़कर लगभग तीन हजार हुई